छ त्त ी सगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी ने आज विधानसभा में नामांकन पत्र दाखिल किया अब समाचार विस्तार से निकाय चुनाव नामांकन प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो गया है प्रत्याशी छह दिसंबर तक नामांकन भर सकेंगे सभी जिलों में नामांकन पत्र भरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं निकाय चुनाव में उम्मीदवारों को पहली बार ऑनलाइन नामांकन पत्र भरने की सुविधा दी गई है नामांकन पत्र जमा करने के दौरान अभ्यर्थी के साथ उसका प्रस्तावक तथा नामित अन्य एक व्यक्ति यानि कुल तीन व्यक्ति ही रिटर्निंग आफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं संबंधित निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है नगरीय निकाय के आम चुनाव एक सौ इंक्यावन नगरीय निकाय के दो हजार आठ सौ चालीस वार्डो और उप निर्वाचन दो नगरीय निकायों के तीन वार्डो में होंगे सात दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी वहीं नौ दिसंबर को दोपहर तीन बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं चुनाव सरगर्मी प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य सभी राजनीतिक दल प्रत्याशी चयन और च्नावी रणनीति बनाने में जूटे हुए हैं कांग्रेस के प्रदेश प्राभारी पीएल पुनिया की मौजूदगी में कल रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक हुई बैठक में जिला कमेटियों को एक दिसंबर की शाम तक दावेदारों के नाम तय करने के निर्देश दिए गए कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव अभियान समिति और घोषणा पत्र समिति की घोषणा कर दी है वहीं भाजपा के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन की अध्यक्षता में कल आयोजित बैठक में नगरीय निकाय चुनाव के लिए रणनीति बनाई गई बैठक में उम्मीदवारों का नाम तय करने अलग अलग स्तर पर समितियां बनाई गई हैं भाजपा प्रत्याशियों के नाम चार दिसंबर तक तय करने के निर्देश दिए गए हैं धान खरीदी प्रदेश में चालू खरीफ विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कल एक दिसंबर से शुरू होगी जो पन्द्रह फरवरी तक चलेगी इसके लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं खाद्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों को धान खरीदी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं राज्य शासन ने इस वर्ष लगभग पच्यासी लाख मीटरिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है धान उपार्जन के लिए तैंतीस नये खरीदी केन्द्र बनाए गए हैं खरीदी केन्द्रों में बारदाना तौल कांटा बिजली पेयजल सहित अन्य व्यवस्था की गई है जांजागीर चांपा जिले में भी धान खरीदी को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं

हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में धान के अवैध परिवहन पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है

हाल ही में रांची और हैदराबाद में महिलाओं के साथ घटित घटनाओं के ध्यान में रखते यह निर्देश जारी किए गए के निर्देश के मुताबिक सुनसान जगहों या अन्य स्थानों पर महिलाओं के खिलाफ द्ष्कर्म छेड़खानी या दैहिक शोषण की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस लगातार पेट्र ोलिंग करेगी राजधानी रायपुर और नवा रायपुर अटल नगर में भी प्रमुख स्थानों में पेट ोलिंग बढाने को कहा गया है वहीं पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में आज पुलिस मुख्यालय में महाधिवक्ता कार्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई बैठक में श्री अवस्थी ने पुलिस अधिकारियों को उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन समय सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए बैठक में महाधिवक्ता सतीश चंद्र भी मौजूद थे

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज रायपुर में आयोजित बैठक में दोनों प्राधिकरणों से स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई वहीं नगरीय निकाय निर्वाचन की आचार संहिता को देखते हुए दोनों प्राधिकरणों में आने वाले शहरी क्षेत्रों की समीक्षा नही की गई विधानसभा उपाध्यक्ष निर्वाचन छ त्त ी सगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी ने आज विधानसभा में नामांकन पत्र दाखिल किया इसके पहले श्री मंडावी ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत से उनके कक्ष में जाकर मुलाकात की इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बधेल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे विधानसभा उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए एक दिसंबर को दोपहर बारह बजे तक नाम दिए जा सकेंगे इसके बाद दो दिसंबर को निर्वाचन की प्रशिक्र या संपन्न की जाएगी पिकनिक मौत महासमुंद जिले के सिरपुर में महानदी तट पर पिकनिक मनाने गए रायपुर के दो छात्रों की नदी में डूबने से मौत हो गई मिली जानकारी के मुताबिक टाटीबंध रायपुर स्थित भारत माता स्कूल के विद्याथी और शिक्षक पिकनिक मनाने सिरपुर गए हुए थे

नदी में नहाते वक्त दो बच्चे गहरे पानी में ड्रब गए बाद में पुलिस और गोताखोरों की मदद से दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया गंभीर अवस्था में दोनों बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तुमगांव ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया दुर्घटना राजनादगांव जिले में गोटाटोला मोहला मार्ग पर बाबा मोड़ के पास आज दो मोटर साइकिलों के बीच आमने सामने की टक्कर से दो लोगों की मौत हो गई वहीं दो अन्य युवक घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिले की चिट्ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्य क्र म का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्य क्र म आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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

राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने झीरम कांड में शामिल एक महिला माओवादी को बीजापुर जिले से गिर फतार किया है यह माओवादी दरभा कमेटी की सदस्य बताई गई है जशपुर जिले में कुनकुरी की दो राईस मिलों पर छापा मार कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने अवैध रूप से भंडारित करीब अड़तीस सौ क्विंटल धान उनतीस सौ क्विंटल चावल और पैंतीस हजार नग बारदाना जब्त किया है केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्र म हुनर से रोजगार के अंतर्गत हॉस्पिटैलिटी और होटल प्रबंधन से जुड़े कार्य संबंधी प्रशिक्षण के लिए आवेदन पत्र अब दस दिसंबर तक जमा किए जा सकेंगे कबीरधाम कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने बैगा और आदिवासी बहुल परियोजना कुकदूर के अंतर्गत कोदवागोड़ान और सरईसेत में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण कर पूरक पोषण आहार की जांच की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रायपुर में अवैध लिंग परीक्षण करने वाले सोनोग्राफी सेंटरों पर कार्रवाई करते हुए दो सोनोग्राफी सेंटरों को सील कर दिया है वहीं आठ सेंटर का पंजीयन निरस्त और बारह सेंटर संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है छत्तीसगढ़ विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिसर द्वारा दो दिवसीय सत्ताईसवीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में किया जा रहा है इस आयोजन का कल समापन होगा कृषि महाविद्यालय रायपुर के नवगठित छात्रसंघ के पदाधिकारियों को आज पद एवं दायित्व निर्वहन की शपथ दिलायी गई